प्रश्नकाल व अन्य शासकीय कार्यों के साथ आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी

इसी तरह तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडा और उद्योग मंत्री विक्रम सिंह भी अपने अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज की एक एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे मुख्यमंत्री का दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाक़्र आज दोपहर बाद ऊना जिले के भरवाईं में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे बाद में वे शिमला वापिस लौटेंगे

प्रदेश भाजपा के कसुम्पटी मंडल के फागु में आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कल उन्होंने ये बात कही सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राष्ट्र है संसद टीवी राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी बना दिया गया है भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवा निवृत अधिकारी रवि कपूर को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है संसद टीवी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दो अलग अलग चैनलों पर प्रसारित करेगा दोनों चैनलों के एकीकरण के बारे में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया है

व्याज दरों में छूट कर्ज लेने वाले लोगों के सिबिल स्कोर पर निर्भर करेगी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऋण लेने वाली महिलाओं को पांच आधार अंकों की विशेष छूट दी जा रही है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है सदन के भीतर बाहर हंगामा सत्ता पक्ष से नोकझोंक के बाद विपक्ष का वॉकआउट पंजाब केसरी की सुर्खी है विधायकों के निलम्बन पर बिफरा विपक्ष हंगामे व नोक झोंक के बाद वॉकआउट दैनिक भास्कर के शब्द हैं विक्रमादित्य और विधानसभा उपाध्यक्ष में तीखी बहस हंसराज बोले मेरी जान को खतरा आपका फैसला ने लिखा है सत्तापक्ष के साथ तीखी नोक झोंक के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट मुख्यमंत्री जयराम ठाक़्र के बयान को दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है कांग्रेस को शर्म नहीं लेकिन हम शर्मिंदा हिमाचल दस्तक का का कहना है कांग्रेस को शर्म है तो गवर्नर से आकर माफी मांगे

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है इतना बड़ा जुर्म नहीं किया कि निलंबित हों कांग्रेस के विधायक आपका फैसला की सुर्खी है विपक्ष के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक चार को मुख्यमंत्री के बजट भाषण पर लगेगी मुहर दैनिक भास्कर की खबर है वहीं हिमाचल दस्तक ने सुर्खी दी है कैबिनेट कल बजट को मिलेगी मंजूरी